भारत और दक्षिण कोरिया ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में चार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में शिष्ट मंडल स्तर की वार्ता क बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोरिया में विकास भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है कोरिया गणराज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति विश्व में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कोरिया की प्रगति भारत के लिए भी प्रेरणादायक है और यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि कोरिया की कंपनियों ने भारत में न सिर्फ बड़े स्तर पर निवेश किया है बल्कि हमारे मेक इन इंडिया मिशन से जुड़कर भारत में रोजगार के अवसर भी पैदा किए श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया आज कोरियाई प्रायद्वीप के घटनाक्रमों को देख रही है

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने और श्री मून ने सामरिक साझेदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है नीतिगत स्तर पर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और कोरिया गणराज्य की न्यू सदन स्ट्रैटरजी में स्वाभाविक एकरसता है और राष्ट्रपति मून के इस विचार का हार्दिक खागत करता हूं कि भारत और कोरिया गणराज्य के संबंध उनकी न्यू सदन स्ट्रैटरजी का एक आधार स्तंभ है

इस रिलेशनशिप का एक स्तंभ हमारे आर्थिक और व्यापारिक स्तंभ है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे ई इन ने कहा कि दोनों देश आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने व्यापार को पचास अरब डॉलर तक ले जाने का फैसला किया है

श्री मून का आज सवेरे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में पारंपरिक स्वागत किया गया श्री मून पत्नी किम जुंग सूक के साथ चार दिन की भारत यात्रा पर रविवार को नई दिल्ली पहुंचे थे

मंत्रिमंडल की आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कर्मचारियों को नये वेतनमान का लाभ एक जनवरी दो हजार सोलह से दिया जायेगा लेकिन वास्तविक भूगतान इस वर्ष एक अप्रैल से किया जायेगा बकाये के भुगतान के बारे में अलग से विचार किया जायेगा यह जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को दी एक अन्य निर्णय के अनुसार मंत्रिमंडल ने मृतक आश्रितों को नौकरी देने पर प्रतिबंध संबंधी वर्ष दो हजार तीन के आदेश को रद्द करते हुए चालक और परिचालक संवर्ग में पांच सौ सत्तासी मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों के परमिट शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया है यह वृद्धि औसतन सत्ताईस प्रतिशत से अधिक की गई है

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकारके प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में पन्द्रह प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई मंत्रिमंडल ने सिंघाड़ा को कृषि उत्पाद श्रेणी से बाहर करने का निर्णय लिया है

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने मिट्टी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए माटी कला बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है खादी ग्रामोद्योग मंत्री अथवा सरकार द्वारा नामित किसी व्यक्ति की अध्यक्षता में गठित होने वाले इस बोर्ड में सरकार द्वारा दस सदस्य भी नियूक्त किये जायेंगे

प्रदेश मंत्रिमंडल ने निजी उद्योगों के पार्को की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए निवेशकर्ताओं को व्यापक छूट देने का निर्णय लिया है मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि उद्योग पार्को में जमीन खरीदने वाले निवेशक को सर्किल रेट में पचास प्रतिशत की छूट दी जायेगी और जमीन क्रय के लिए लिये गये ऋण के ब्याज पर सात वर्षो तक अधिकतम पचास लाख रूपये की छूट प्रदान की जायेगी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि औद्योगिक पार्को में अवस्थापना विकास के लिए निवेशकर्ता द्वारा लिये गये ऋण के ब्याज पर सात वर्षो तक सात प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है प्रति वर्ष दस करोड़ रूपये की छूट दी जायेगी लेकिन यह राशि अधिकतम पचास करोड़ रूपये होगी उन्होंने बताया कि इसी तरह पार्को में श्रमिकों के आवास और डारमेट्री के निर्माण के लिए निवेशक द्वारा लिये गये ऋण के ब्याज पर सात वर्षो तक साठ प्रतिशत की छूट दी जायेगी और छूट की अधिकतम राशि तीस करोड़ रूपये होगी उन्होंने बताया कि पार्क में पहली बार जमीन खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी में शत प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जायेगा और पहली बार बेचने पर पचास प्रतिशत की छूट का प्राविधान किया गया है उन्होंने बताया कि सरकार ने औद्योगिक पार्को के विकास में निजी निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए यह फैसले लिये हैं श्री सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एक अन्य निर्णय के तहत प्रधानमंत्री शहरी एफॉरडबिल हाउसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए अल्प और मध्यम आय वग के भवनों के निर्माण के लिए नजूल और ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क देने के साथ साथ भवनों का निर्माण तीन मंजिल से बढ़ाकर नौ मंजिल तक करने का भी निर्णय लिया है राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए उनको शिक्षित करना एक रामबाण उपाय है श्री नाईक आज राजभवन में राष्ट्रीय हिन्दी स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य दर्पण की स्मारिका मैं बेटी हूँ का विमोचन कर रहे थे उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान दना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है एक बेटी के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है श्री नाईक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लोगों में महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को भी आगे बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने की दिशा में सभी प्रयास किये जाने चाहिए राज्य में अलग अलग दुर्घटनाओं में ग्यारह लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये मिर्जापूर जनपद क अहरौरा घाटी में कल रात एक बस के ट्रक से टकरा जाने के कारण सात लोगों की मौत हो गई और बारह अन्य घायल हो गये घायलों को वाराणसी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है यह बस जौनपुर से ओबरा जा रही थी

यह लोग काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि इलाहाबाद के सांस्कृतिक महत्व और प्राचीनता को देखते हुए इसका नाम प्रयाग राज किया जाना चाहिए आज लखनऊ में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने राज्यपाल राम नाईक से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है बाइट प्रयाग एक पुराना नाम है मुगल जब आए थे तो इलाहाबाद करा था तो फिर उसका नाम अल्लाहाबाद कर दिया था तो एक पुराना नाम है उस की सांस्कृतिक धरोहर है सबकी इच्छा भी है कि प्रयाग होना चाहिए इसलिए हम लोगों ने जन भावनाओं से जुड़ते हुए और जनप्रतिनिधि होते हुए यह सुझाव रखा है मैं एक कार्यक्रम में था गवर्नर साहब भी उसमें थे उस कार्यक्रम के अंदर मैंने गवर्नर साहब से कहा कि आपने बाम्बे को मुंबई करवाया और आप जो भो हम लोगों को अपनी सरकार को आप कुछ भी आदेश देते हैं उसको हम लोग क्रियान्वित करते हैं तो आप के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि इलाहाबाद को प्रयाग का नाम दे दे राज्य के अधिकांश भागों में पारा ऊपर रहने के कारण गर्मी का प्रकोप जारी है उमस भरी गर्मी से लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान वाराणसी इलाहाबाद गोरखपुर झांसी तथा आगरा मंडलों म दिन का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहा इस दौरान झांसी राज्य का सबस गर्म स्थान रहा जहां अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है कुछ स्थानों पर भारी से अधिक भारी वर्षा हो सकती है

समाप्त